बैठक के दौरान देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जायेगा

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी और तय समय में इसकी घोषणा की जाएगी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

मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है ऊना में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियां प्रदेश पर भारी पड़ रही है और उसकी कीमत लोगों को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ रही है मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में इस महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत लगाई गई बंदिशों की खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर के अनुसार ऑफिस में जारी रहेगा फाइव डे वीक मंदिर भी बंद निजी अस्पतालों की ली जाएगी सेवाएं दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है सामुदायिक भोज पर भी पूरी तरह लगाई पाबंदी

दोनों उपचुनाव स्थगित करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगी भाजपा शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भाजपा विधायक दल ने लिया फैसला

अजीत समाचार की एक खबर है कोरोना से मौत के बाद कूड़े के वाहन में ले जाया गया शव मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों की लगाई क्लास

दैनिक भास्कर के मुताबिक उंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात ऊना में चली लू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 नमस्कार